भारत के पूर्व राष्ट्रपति महान लेखक तथा वैज्ञानिक भारत रत्न डॉ ए पी जे अब्दुल कलाम को आज उनकी पुण्यतिथि पर याद किया गया उप राष्ट्रपति एम वैकेंया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द मोदी गृहमंत्री अमित शाह और सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मिसाईल मैन के रूप मे जाने माने डॉ कलाम को श्रद्वांजलि आर्पित की

हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी कहा है डॉ कलाम का विचार युवा पीढ़ी को बढ़ने के लिए प्रेरित करते है श्री चौटाला ने भारत रतन डॉ कलाम के उस सूत्र वाक्य का जिक किया जिसमें उन्होंने कहा था सपने तो नहीं होते जो आप सोने के बाद देखते है बल्कि सपने वो होते है जो आपको सोने नहीं देतें पंजाब के बाद अब हरियाणा के भी पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने निजी स्कूलों को वार्षिक शुल्क और ट्यशन फीस लेने की की इजाजत दे दी है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रामेंद्र जैन ने पंजाब के एक मामले में उच्च न्यायालय की एकल बैंच द्वारा दिए गये निर्णय के आधार पर निजी स्कूलों की यह राहत दी है

एक टवीट में श्री मोदी ने कहा कि सीआरपीएफ हमारे देश की सुरक्षा के लिए अग्रिम मोर्चे पर तैनात है और उनकी बहादुरी व व्यवसायिक दक्षता की प्रशंसा सभी करते है उन्होंने आशा व्यक्त कि सीआपीएफ आने वाले वर्षो मे सफलता की और भी उचाईयों छुयेगा गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीआरपीएफ के बहादुर जवानों व उनके परिवारजनों को शुभकामनायें दी है

सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक टवीट में सीआरपीएफ के जवानों की प्रशंसा की है

आज चंडीगढ़ सें जारी एक संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल हमारे देश के केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों में से सबसे पुराना बल है इस बल के जवान नक्सलवादी गतिविधियों को घ्यस्त करने में भी बहादुरी का परिचय दे रहे है मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्दीय रिजर्व पुलिस बल सीमा सुरक्षा बल केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल तथा संशस्त्र सीमा बल जैसे केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों में भी बड़ी संख्या में हरियाणा के जवाना शामिल है हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के स्थापना दिवस पर शुभकामनयें दी है उन्होंने एक टवीट करके कहा कि राष्ट्र को सुरक्षित रखने में उनकी काफी भूमिका है

हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज फरीदाबाद में तीन अम्बाला और नूंह में एक एक कोविड मरीज की मृत्यु भी हुई है

सिविल सर्जन डा विजय दहिया ने बताया कि इन मरीजों के इलाज को इलकों कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है

सिरसा के उपायुक्त रमेश चन्द्र बिढ़ान ने बताया कि खंड नाथूसरी चौपटा के गांव जोगीवाला में कोई नया मामला न हाने के बाद प्रभावित क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन से मुक्त कर दिया गया है चौथे खेलों इंडिया युवा खेलों की मेजबानी इस बार हरियाणा करेगा इसकी घोषणा आज खेल मंत्री किरेन रीजेजू और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिये की अगले वर्ष होने वाले टोकियों ओलंपिक के बाद खेलों इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन होगा ये खेल पंचकूला मे आयोजित होंगे

रोहतक अदालत परिसर से बर्खास्त पुलिस कर्मी का अपहरण कर हत्या करने वाले चार आरोपियों को पुलिस ने गिरफतार कर लिया लिया है ये आरोपी मृतक के गांव खेड़ी महम के ही रहने वाले है

बांग्लादेश ने इस बार का खंडन किया है कि यो अपने राजनीयिक सम्बध पाकिस्तान से बेहतर कर रहा है